मुख्यमंत्री प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए बीते रोज हुई लिखित परीक्षा में किसी अन्य के नाम पर परीक्षा देते हुए कुछ लोगों के पकड़े जाने के मामले की विशेष जांच दल जांच करेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के गेयटी थियेटर में संस्कृत अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस मामेल की जांच के लिए पालमपुर के एसडीएम के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया है और परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लिखित परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों द्वारा असल उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने की गुप्त सूचना मिली थी इसी आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही तीन व्यक्तियों को और परीक्षा केंद्र के भीतर दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनः परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को दूसरी बार अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि वे प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली बेहतर प्रणाली का इस्तेमाल करें राठौर प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के पदों के लिए बीते रोज ली गई लिखित परीक्षा रदद करने को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि लिखित परीक्षा का रद्द होना प्रशासन की विफलता है उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की राठौर ने ये भी कहा कि परीक्षा देने वाले सभी युवाओं को आने जाने का खर्चा सरकार दे

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ को अगले दो महीने के लिए अतुल्य भारत के लिए अपना थीम बनाने का निर्णय लिया है

ये पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं इस अवसर पर रिजिजू ने कहा कि हमारी विशाल युवा शक्ति एकजुट होकर काम करे तो देश अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में संस्कृत भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि संस्कृत भाषा को पुनः उचित स्थान मिल सके मुख्यमंत्री आज शिमला में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित संस्कृत अभिनंदन समारोह के मौके पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा की खोई हई पहचान को पुनः स्थापित करने और इसे आमजन की भाषा बनाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलतियों का आज देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रामस्वरूप शर्मा मंडी सदर भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे

ईद ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार आज प्रदेशभर में धूम धाम से मनाया गया इस मौके पर तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई और इसके बाद मुस्लिम भाईयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी शिमला में ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अता की गई चंबा में चौगान में ईद उल जुहा की नमाज अता की गई इस मौके पर देश में अमन चैन की दुआ भी की गई सोलन में जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी गई जहां बड़ी संख्या में हिन्दु व मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज में हिस्सा लेकर और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारिकवाद पेश की बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लोगों के लिए सड़कें सही मायने में जीवन रेखाएं हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही त्वरित विकास संभव है बिक्रम ठाकुर आज जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के शांतला लेर मार्ग के सुधारीकरण और मगरू देहरा के बीच नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों का घनत्व बढ़ाने तथा ज्यादा से ज्यादा गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए कारगर कदम उठाए हैं जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या और घटने संसाधनों पर लोगों को जागरूक करने के लिए आज सोलन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया

क्नकलेव की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि इसका मुख्य उदेश्य किसानों को ज़िले में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय पौधों के बारे में जागरूक करना था ताकि वे इनका लाभ ले सकें

इस राईड का उदेश्य ग्रीन कुल्लू क्लीन कुल्लू और आओ बिजली महादेव को साफ रखें का संदेश देना है पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने और इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की बैडमिंटन पोलेंड में आयोजित विश्व सीनियर चैम्पियनशिप में इस बार देश के रिवलाड़ियों ने उमदा प्रदर्शन कर स्वर्ण रजत और कांस्य पदक हासिल किए